सत्र की शुरूआत प्रश्नकाल से होगी और बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सप्ताह भर की कार्यसूची से सदन को अवगत करवाएंगे इसके अलावा विभिन्न कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे

सरकार ने राजभाषा के संवर्धन के लिए अनेक उपाय किये हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिन्दी व्यापक रूप से स्वीकार की जा रही है इस दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रयास अग्रणी रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में जिनका संबोधन आज भी स्मरण किया जाता है वेबिनार अध्यापकों की विज्ञान क्षमताओं को निखारने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत समय समय पर ऑनलाइन कार्यकम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में आज शिक्षकों के लिए डाइट शिमला की और से वेबिनार का आयोजन होगा दो दिवसीय इस वेबिनार के माध्यम से देश के जाने माने शिक्षाविद व वैज्ञानिक शिक्षकों को विज्ञान विषय को रूचिकर और सरल बनाने के नए तरीकों का प्रशिक्षण देंगे कार्यक्रम में देश भर के शिक्षक भाग ले रहे हैं जिसमें शिमला जिले के अध्यापकों को भी शामिल किया गया है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं एचएएस परीक्षा में मोबाइल फोन से नकल करती धरी दिल्ली की युवती

दो गुना से ज्यादा हुआ आलू बीज का दाम किसान छोड़ रहे बिजाई अमर उजाला की एक खबर है देवदर्शन के लिए प्रदेश आने वाले पर्यटकों के लिए अलग से पंजीकरण की व्यवस्था शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को प्रमुखता दी है इसी पत्र के अनुसार प्रदेश में बनाई जाएगी स्कूल कॉलेज व विश्वविद्यालय स्तर पर उप समितियां दभोटा में नया औद्योगिक क्षेत्र बसाने का सपना टूटा दिव्य हिमाचल की एक खबर है